मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पेयजल और जल संसाधन विभाग के कार्यो की करेंगे समीक्षा राज्य में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर संतानबे दशमलव छह नौ प्रतिशत हुई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

केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि नए कृषि कानून लागू होने के बाद देश के कई राज्यों में किसान इसका लाभ उठा रहे हैं हरियाणा के किसान नेताओं ने कृषि मंत्री से मुलाकात कर नये क्रषि कानूनों के प्रति समर्थन व्यक्त किया है प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन के मान गुट के गुनी प्रकाश ने किया श्री गुनी प्रकाश ने कल नई दिल्ली में कृषि मंत्री को समर्थन पत्र सौंपा और नये कानूनों को जारी रखने की मांग की किसानों ने कहा कि नये कृषि कानूनों को समाप्त किए जाने की स्थिति में वे विरोध प्रदर्शन करेंगे श्री प्रकाश ने कहा कि मौजूदा आंदोलन वास्तव में किसानों का आंदोलन नहीं है

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विभागवार समीक्षा का दौर जारी है मुख्यमंत्री आज पेयजल और स्वच्छता विभाग और जल संसाधन विभाग की समीक्षा करेंगे प्रोजेक्ट भवन में श्री सोरेन पहले पेयजल विभाग उसके बाद जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यो की जानकारी लेंगे

एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि मन की बात जीवन के विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों को अपनी प्रेरणास्पद जीवन यात्रा के बारे में चर्चा करने और सामाजिक परिवर्तन के मुद्दों पर बातचीत का शानदार अवसर उपलब्ध कराता है

रेल मंत्रालय ने कहा है कि सभी एक्सप्रेस रेलगाडियों के पूर्ण आरक्षित रेलगाडी परिचालन संबंधी नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है इन रेलगाडियो में त्यौहार के लिए विशेष और क्लोन स्पेशल रेलगाडियां शामिल हैं मंत्रालय का कहना है कि मीडिया के एक वर्ग में अनारक्षित टिकट जारी करने संबंधी कुछ रिपोर्ट आई है

दलमा वन्य आश्रयणी में पर्यटकों को आने वाले दिनों में नाइट ट्रिज्म और सफारी की भी सुविधा मिलेगी

इसमें एक हजार पांच सौ एकहत्तर सक्रिय केस हैं जबकि एक लाख आठ हजार नौ सौ चालीस मरीज ठीक हुए हैं अब तक राज्य में कोरोना से नौ सौ निन्यानबे लोगों की मौत हुई हैं वहीं झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट संतानबे दशमलव छह नौ प्रतिशत है भारत में वर्तमान रोगियों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है

पिछले सात दिनों से भारत द्निया के उन कुछ देर्शो में शामिल है जिनमें प्रति दस लाख जनसंख्या पर कोरोना मरीजों की संख्या सबर्से कम है

दो लाख रूपये से अधिक की धनराशि भेजने के लिए आवश्यक रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम आटीजीएस की सुविधा आज से चौबीसों घंटे के लिए उपलब्ध हो गई है

इससे कारोबारी जगत में होने वाले बड़े लेने देन में समय की बचत होगी

आबीआइ ने इस सुविधा का एलान अक्टूबर में किया था दो लाख रूपये से कम की धनराशि के लिए बैंक एनईएफटी की सुविधा देते हैं इससे बड़ी रकम की लेने देन के लिए आरटीजीएस का उपयोग किया जाता है

देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए इन सुविधाओं पर लिए जाने वाले शुल्क भी हटाए जा चुके हैं रामगढ़ के गोला स्थित ब्रह्मापुत्रा मेटालीक कंपनी में पिछले दिनों हई द्घर्टना में घायल एक और अभियंता की इलाज की दौरान मौत हो गई है

चतरा जिले में पुलिस ने सक्रिय गांजा तस्करों के विरूद्व बड़ी कार्रवाई की है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अविनाश कुमार के नेतृत्व में गठित विशेष छापामारी दल ने राजपुर थाना क्षेत्र के चतरा चौपारण मुख्य पथ पर स्थित पांडे महआ इलाके से करीब दस लाख रुपये का गांजा बरामद किया पुलिस ने गांजा लदे पिकअप गाड़ी को भी जब्त कर लिया है हालांकि गांजा तस्कर इसी बीच फरार हो गए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि बरामद गांजा को तस्करी के उद्देश्य से इटखोरी के रास्ते बिहार ले जाया जा रहा था तस्करी में शामिल फरार तस्करों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अभियान चला रही है

उनका इलाज आज से रिम्स के पोस्ट कोविड केयर सेंटर में होगा

कई पदों के लिए निर्विरोध चुनाव संपन्न हो गया है

वहीं चालक मौके से फरार हो गया पुलिस मामले की छानबीन कर रही है साहिबगंज जिले के बोरियो प्रखंड के बड़ा रक्सो पंचायत में बोरियो विधायक लोबिन हेंब्रम ने श्रम विभाग से निबंधित श्रमिकों के बीच पैंट शर्ट और साड़ी का वितरण किया श्रम अधीक्षक संजय आनंद ने बताया कि सरकार की ओर से श्रमिकों के कल्याण के लिए यह योजना चलाई जा रही है आईये अब सुनते हैं राज्य से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से छापा है नए कृषि कानूनों का लाभ उठा रहे हैं किसान केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर के बयान को दैनिक हिन्दुस्तान ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है

दैनिक भास्कर की सुर्खी है क्रिसमस और नए साल के लिए पहाड़ भी तैयार जैसे जैसे कोरोना काल खत्म हो रहा पर्यटक पहाड़ों की ओर आकर्षित हो रहे

रांची एक्सप्रेस ने शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो की हालत में तेजी से सुधार की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से लिया है अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है हद्य रोगी और मधुमेह के रोगियों को कोविड वैक्सीन की डोज देने में दी जा सकती है प्राथमिकता